उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वह सब अटल जी की देन है हमने विकास यात्रा के दूसरे चरण को अटल विकास यात्रा का नाम दिया है तथा ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं जिससे अटल जी का नाम पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलता रहे छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कर दिया गया है वहां स्थित सेंट्रल पार्क बिलासपुर विश्वविद्यालय राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज मड़वा ताप बिजली परियोजना और रायपुर शहर का एक्सप्रेस वे भी अटल जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक बटालियन का नामकरण पोखरण बटालियन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव के अवसर पर एक नवम्बर को त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार देने का निर्णय लिया है

जहाँ तरकी और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पूरक होंगे जहाँ प्रौद्योगिकी ना सिर्फ आम जनता का जीवन संवारने का माध्यम बनेगी बल्कि पारदर्शी और सहभागी सरकार चलाने में भी प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी हम ऐसे तरीके अपनाएंगे जिसमें मानवीय श्रम और प्रौद्योगिकी के संगम से हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन मिले

मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस वर्ष धान बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस राशि का वितरण भी ऑनलाइन किया जाएगा प्राथमिक सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य सहित बोनस की राशि ऑन लाइन दी जाएगी जो उनके सीधे उनके खाते में जमा हो जाएगी

नितिन गडकरी दूर्ग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल दस सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौर पर आ रहे हैं इस दौरान वे भिलाई चरोदा में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर दुर्ग बायपास मार्ग चार फ्लाईओवर और राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे इसके अलावा श्री गडकरी आरंग सरायपाली मार्ग और रायपुर दुर्ग मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में लोक अदालतें लगाई गईं इसके लिए लोक अदालत की तीन सौ बीस खंडपीठ स्थापित की गई थीं बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रीतिंकर दिवाकर ने किया इन लोक अदालतों में सबसे अधिक लंबित प्रकरण रायपुर जिले के सात सौ चौरानवे और बिलासपुर जिले के छह सौ चालीस प्रकरणों का निराकरण किया गया दुर्घटना धमतरी जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक कुरूद क्षेत्र में छाती गांव के पास एक यात्री बस ने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से ठोकर मारी इससे उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रहे एक ट्रक में जा घुसी यह हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पर सवार लोग दूर जा छिटके

मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं

जबकि नाव में सवार अन्य नौ ग्रामीण तैरकर सुरक्षित किनारे पहुंचने में सफल हुए हैं बचाव दल कल से लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है बताया जाता है कि भैरमगढ़ के लोग दैनिक जरूरत की चीजों के लिए हर दिन नाव से नदी पार करते थे इसी दौरान नेलसनार के चतुवा घाट से एक छोटी नाव में सवार होकर तेरह ग्रामीण नदी पार कर रहे थे इस बीच इंद्रावती नदी के बीचों बीच ग्रामीणों की नाव पलट गई घटना के बाद से जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अंतिम समाचार लिखे जाने तक बच्ची और महिलाओं की तलाश जारी थी वहीं तेज बारिश के बाद धमतरी के बालुका नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई थी कल नदी उफान पर थी और इसे पार करने की कोशिश में प्राथमिक स्कूल कमारपारा आमगांव के दो शिक्षक और पांच स्कूली बच्चे पानी में फंस गए तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई इसके बाद सीआरपीएफ दो सौ ग्यारहवीं बटालियन बिरनासिल्ली के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला दूसरी ओर कोरबा जिले में बांगो बांध में पानी की आवक अधिक होने के कारण पांच गेट खोल दिए गए हैं मिली जानकारी के अनुसार करीब चार साल बाद इस बांध के गेट खोले गए हैं इस बांध का जलस्तर चौरानवे फीसदी से ज्यादा हो गया है तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बच्चों को कृमि के संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश में कल दस सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा इस दौरान राज्य के उन्नीस वर्ष तक के बच्चों और किषोरों को आंगनबाड़ी केन्द्रों और कृमि नाषक दवा एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा

इस अभियान के लिए पचास हजार से अधिक षिक्षकों और करीब सैंतालीस हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रषिक्षित किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृमि मुक्ति अभियान के पहले छह चरणों में प्रदेष के करीब चौरानवे लाख बच्चों को कृमि नाषक दवाई दी जा चुकी है इस बार एक करोड़ ग्यारह लाख बच्चो को कृमि नाषक दवा दिए जाने का लक्ष्य है चुनाव तैयारी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ओर जहां मतदाताओं को मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी अभी से ही पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रही है रायगढ़ जिला कलेक्टर शम्मी आबिदी ने आज स्वीप कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया इनमें युवा ब्रांड एम्बेसडर शामिल थे इसी तरह सरगुजा जिला कलेक्टर सारांश मित्तर के निर्देश पर जिले के सभी मतदान केंद्रों का सर्वे किया गया है इन केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है वहीं युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया था वहीं धमतरी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस थानों में लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा रहे हैं अब तक अस्सी से अधिक हथियार जमा कराए जा चुके हैं पोला पर्व छत्तीसगढ़ का लोकपर्व पोला आज प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व भादो महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व काफी ध्रमधाम से मनाया जा रहा है आज के दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ अपने बैलों को सुंदर तरीके से सजाकर उसकी प्रजा अर्चना करते हैं साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग लगाया जाता है अनेक जगहों पर कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं इनमें बैल दौड़ और गेड़ी दौड़ प्रमुख है पोला के दिन बच्चे मिट्टी से बने खिलौनों से खेलते हैं और इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं प्रदेश के सभी जिलों से पोला पर्व मनाने के समाचार मिले हैं विभिन्न जगहों पर आज कई ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया

करण सिंह नाम का यह जवान हरियाणा का रहने वाला था